मौसम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण राज्य बारिश का सिलसिला बना हुआ है

भारी बारिश के कारण अधिकतर इलाकों में जनजीवन प्रभावित हो गया है अधिकतर ग्रामीण इलाकों और अनेक शहरों के बीच भी सड़क संपर्क ट्रट गया है प्रदेश की सभी बड़ी नदियां उफान पर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में अतिवर्षा की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक राहत कार्य प्रारंभ किये जाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति में बचाव दल राहत सामग्री के साथ पूरी तरह तैयार रहे

जिले में स्थित यशवंत सागर बांध के चार गेट खोले जा चुके हैं

भोपाल में तेज बारिश के कारण भदभदा बांध के छह गेट खोल दिये गये हैं वहीं राजधानी के सर्मीप छान गांव की झूंसी नदी में फंसे दो लोगों को एडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बचा लिया है बैतूल जिले में कलेक्टर ने अतिवर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक व्यवस्थायें किये जाने के निर्देश दिये हैं जिले के पाढर के समीपस्थ ग्राम पलासपानी में मकान ढह जाने के कारण प्रभावित परिवार को शासकीय स्कूल में ठहराया गया है होशंगाबाद जिले में तवा डेम के पांच गेट खोल दिये गये हैं शाजापुर जिले में कालीसिंघ लखुन्दर नेवज और पार्वती नदियां उफान पर हैं जिले के खोकराकला गांव में बारिश का पानी भर जाने से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है रायसेन जिले में बारिश के चलते बारना नदी पर बना पुल पानी में डूब जाने से भोपाल जबलपुर सड़क मार्ग बंद हो गया है वहीं धनगंवा पर तेदनी नदी के पुल के ऊपर से बहने के कारण गैरतगंज गाडरवारा राजमार्ग बंद हो गया है वहीं सिलवानी उदयपुरा रायसेन से होकर बेगमगंज सागर जाने वाला मार्ग भी बंद है

यहां पार्वती नदी पुल से ऊपर बह रही है झाबुआ जिले की पेटलावद तहसील के बाछीखेडा में भारी बारिश के चलते एक तालाब फूट गया है

माही सागर पर बने कालिकराय और माही डेम में पानी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है

जिले के बदनावर क्षेत्र में कच्चा मकान गिर जाने से एक महिला की मृत्यू हो गई वही एक अन्य घटना में उफनती पुलिया को पार कर रहे मोटरसाइकिल सवार परिवार के बहने से एक बच्चे की मौत हो गई जबकि उसके परिवार के अन्य सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया

जबकि खरगौन अलीराजपुर धार झाबुआ रतलाम जिलों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है एनआईए प्रतिकिया केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेन्सी के गठन का प्रदेश में भी लोगों ने स्वागत किया है हमीदिया कालेज भोपाल की प्रोफेसर अल्पना त्रिवेदी ने इसकी प्रशंसा की है

विधानसभा सचिवालय ने इस आशय की अधिसूचना आज जारी कर दी है तीन दिवसीय इस सत्र में महत्वपूर्ण शासकीय विधि विषयक एवं वित्तीय कार्य संपादित किये जायेंगे

इस मौके पर प्रदेश के गणेश मंदिरों में प्रतिमाओं का विशेष श्रंगार किया गया राजधानी भोपाल में एक लाख से अधिक घरों में मूर्तियों की स्थापना की गई है विसर्जन के लिए हर वार्ड और क्षेत्र में मूर्ति एकत्र करने के लिए केन्द्र बनाये जायेंगे जहां से सभी मूर्तियों को लेकर धार्भिक प्रकिया के अनुसार विसर्जन किया जायेगा छिंदवाड़ा में आपदा को अवसर में बदलते हुए युवाओं ने छिंदवाडा के महाराजा के नाम से रखे जाने वाले श्रीगणेश को घर घर पहुंचा दिया है गणराज वेलफेयर सोसायटी अन्य संगठनों के साथ मिलकर दो हजार दो सौ इको फेण्डली गणेश प्रतिमाओं का वितरण कर रही है प्रतिमाओं के साथ कोरोना से बचाव की किट भी दी जा रही है

प्रद्षण बोर्ड ने इन प्रतिमाओं को पर्यावरण के लिए सुरक्षित माना है

अच्छी खबर हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के उनसठवें अंक में कल प्रादेशिक समाचारों में आप सुनेंगे भिण्ड में बीहड़ को उपजाऊ बनाकर आत्मनिर्भर बन रहे किसान की कहानी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 आरोग्य सेतु एपीआई आरोग्य सेतु एप ने व्यापार और अर्थव्यवस्था में सुरक्षित कामकाज शुरू करने में मदद के लिए नई ओपन एप्लीपकेशन प्रोग्राभिंग इंटरफेस एपीआई सेवा शुरू की है इससे व्यापारिक संगठन अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जानकारी ले सकेंगे और घर से काम करने के विभिन्न तरीकों को जान सकेंगे

संक्षिप्त समाचार अशोकनगर जिले के लाखेरी बसरती गांव में एक ही परिवार की तीन बच्चियों की संदिग्ध मौत के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए पहुंच गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है और इस दिशा में काफी प्रगति हुई है वे आज नरसिंहपुर के झोतेश्वर में पत्रकारों से बात कर रहे थे छिंदवाड़ा से नागपुर रेलमार्ग पर भिमालगोंदी से भण्डारकुण्ड तक रेल लाइन का आज सीआरएस निरीक्षण किया गया इससे ट्रेन के जल्द शुरू होने की संभावना बढ़ गई है सतना जिले में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई